प्रदेश में आज पहले चरण में टोंक सवाईमाधोपुर अजमेर पाली जोधपुर बाडमेर जालोर सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ राजसमंद भीलवाडा बांसवाडा डूंगरपुर कोटा तथा झालावाड बारां लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे है

सुबह की ठण्ड के बीच शुरूआती घंटों में मतदान के प्रति लोगों में जोश दिखाई दिया इस बार लोकसभा चुनाव में भी ईवीएम के साथ पहली बार वीवीपेट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है इस चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की गृह सीटों सहित दो केंद्रीय मंत्रियों और नौ सांसदों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है

इस बीच मतदान वाले संसदीय क्षेत्रों में कई नामी चेहरों ने भी सुबह के वक्त वोट डालकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने परिवार सहित जोधपुर के सरदारपुरा में मतदान किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जनता अपने उम्मीदवार का फैसला कर देगी जनता यह जानती है कि किसने विकास के काम किये है

श्रीमती राजे ने युवाओं से बढचढकर मतदान में भाग लेने की अपील की

वहीं पाली लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी और केन्द्रीय मंत्री पीपी चौधरी तथा यहीं से कांग्रेस प्रत्याशी बद्रीराम जाखड़ ने भी जोधपुर जिले में स्थित अपने मतदान केंद्रों पर वोट डाला

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी भी मतदाताओं के उत्साह को कम नहीं कर पा रही है

देशभर मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है

एक टवीट संदेश में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि चौथे चरण में बड़ी संख्या में लोग मतदान में भाग लेकर पिछले तीन चरणों के मतदान का रिकॉर्ड तोड़ेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं विशेषकर दिव्यांगों की सुविधा के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए है

आज मतदान वाले सभी जिलों में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज प्रदेश के दौरे पर है वे सरदारशहर कोटपूतली और धौलपुर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को सम्बोधित कर रहे है

दिन चढने के साथ ही तापमान में बढोतरी से जनजीवन पर व्यापक असर पड़ रहा है